कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

इस परियोजना में कुल दो हजार चार सौ सैतालीस करोड़ रूपये की लागत आई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से गरीबा को सबसे अधिक लाभ होता है क्योंकि इससे उनके लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होते है श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस स्टेट के रूप में उभर रहा है क्योंकि यहां कई एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों को बीज सिंचाई सुविधा बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री ने विपक्षो दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र में सत्ता में आने से पूर्व पूर्ववर्ती सरकारे किसानों से हमेशा झूठा वादा करती थी और किसानों के साथ छल होता था प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब फर्टिलाइजर किसानों को न मिलकर उसकी कालाबाजारी होती थी बाइट फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल किसानों को प्रोडक्टीविटी बढ़ाने के लिए कहा गया लेकिन प्रोफेटीविलिटी किसान के बजाय किसी और को सुनिश्चित की गई पहले वोट के लिए वादा और फिर छल यही खेल लम्बे समय तक देश में चलता रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि लाकडाउन के दौरान भी हमने किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की सुविधा भी किसानों को दी गई बाइट जब इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड देखोगे तो सच आपके सामने ख्रलकर के आ जायेगा हमने कहा था कि हम यूरिया की काला बाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे बीते छह साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी पहले तो यूरिया ब्लैक में लेना पड़ता था यूरिया के लिए रात रात लाइन में लग करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती थीं आज यह सब बंद हो गया यहां तक की कोरोना लॉक डाउन तक उसमें भी जब लगभग हर गतिविधि बन्द थी तब भी हमने यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी उन्होंने कहा कि वाराणसी में भाजपा के शासन काल में अभी तक जितने भो विकास कार्य हुए हैं उतने आजादी के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में नहीं हुए वाराणसी आज सब्जियों और फलों का विदशी बाजार में निर्यात कर रहा है और सरकार इसके उत्पादन में किसानों को सुविधाएं मुहैया करा रही है इससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है

प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज शाम वाराणसी में देव दीपावली उत्सव कार्यकम की शुरूआत राजघाट पर दीया जलाकर की कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाये जाने वाला देव दीपावली उत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज काशी गंगा तट पर प्रकाश गंगा का उत्सव मना रही है देव दीपावली के साक्षी स्वयं महादेव बने हुए हैं उन्होंने कहा कि काशी की वर्षो पुरानी विरासत वापस लौट रही है आज लाखों दीयों से गंगा के चौरासी घाटों का जगमग होना अद्भुत प्रतीत हो रहा है यह पकाश गंगा की आलोकिक धारा को और भी प्रकाशमय बना रहा है वाराणसी में आज देव दीपावाली उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक रूप दिया है आज काशी जिस रूप में हम सबके सामने है हम सभी के लिए गौरव है उन्होंने कहा आज गंगा स्नान ही नहीं आचमन की लायक भी हो गयी है यह नममि गंगे के सफल कियान्वयन के कारण मूर्त रूप ले सका है

केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लाक डाउन नहीं लगाया जायेगा मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजटिव दर दस प्रतिशत से अधिक है वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए कर्मचारियों के कार्यालय आने के अलग अलग समय का निर्धारण किया जा सकता है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कन्टेनमेंट जोन को चिन्हित करना सबसे महत्वपूर्ण है केन्द्रीय रक्षामंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में चल रहे विकास कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने किसान पथ टेढ़ी पुलिया पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का अवलोकन किया उन्होंने लाल कुआं से शुरू होकर बांसमण्डी चौराहे और नाका चौराहे के ऊपर से गुजरने वाले लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया इस फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है इस फ्लाईओवर का पिछले दिनों उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया था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

इनमें पांच सीटें स्नातक कोटे की और छह शिक्षक कोटे की हैं मतदान सुबह आठ बजे से सायं पांच बजे तक होगा इसके लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने लगी हैं

महोबा में चुनाव क लिए छह मतदान केन्द्र बनाये गये हैं सभी मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं राज्य सरकार के जो कर्मचारी चुनाव के लिए वोटर हैं उन्हें कल एक दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जायेगा

यह पर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी

गुरुनानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि विश्वभर में गुरु नानकदेव जी का प्रभाव देखा जा सकता है बाइट ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें गुरुनानक जयंती पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरू नानक जयन्ती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि गुरू नानक जी की शिक्षाएं सिख धर्म के साथ ही सभी धर्मों के लिए अनुकरणीय हैं जो हमें समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं

प्रदेश में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्वालुओं ने प्रमुख नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया अयोध्या में कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए पवित्र सरयू नदी में श्रद्वालुओं ने स्नान किया और श्रीराम जन्मभूमि कनक भवन और हनुमान गढ़ी सहित विभिन्न मंदिरों म पूजा अर्चना की वाराणसी में गंगा नदी और शामली में यमुना नदी पर श्रद्वालुओं ने स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की